राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के मद्देनजर महापौर नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद के पदों के लिए आरक्षण की समय सारिणी घोषित कर दी है अट्ठारह सिंतबर को लॉटरी के जरिये महापौर और नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया जाएगा इसके बाद पार्षद पद के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया होगी राज्य शासन ने आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नगरीय प्रशासन के उप सचिव आर एक्का को विहित प्राधिकारी बनाया है

उन्होंने उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ में निर्मित कोसे से बनी शॉल और बेलमेटल का नंदी भेंट किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन देने की योजना शुरू की जा रही है इस योजना से प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात के दौरान रायपुर को एवीएशन हब बनाने का आग्रह किया उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि वर्तमान में देश के प्रमुख ग्यारह नगरों से रायपुर का सीधा संपर्क है और प्रतिदिन चौबीस उड़ाने रायपुर एयरपोर्ट से संचालित होती है केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने बिलासपुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाएं शुरू करने का भी आग्रह किया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संबंध में कार्य प्रगति पर है और नवम्बर दिसम्बर तक जगदलपुर से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी

यानी सभी वर्गों के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अम्बिकापुर में राशनकार्ड वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी दो अक्टूबर से प्रदेश की जनता किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेगी श्री भगत ने बताया कि राशन कार्ड वितरण का कार्य पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है नये राशन कार्ड के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रदेश के अंठावन लाख चौव्वन हजार हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाये गये हैं स्वास्थ्य एमओयू छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और मेडिकल स्टॉफ की दक्षता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी क्षेत्र की तीन कंपनियों के साथ एमओयू किया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में आज मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और तीनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए एमओयू के अंतर्गत प्रदेश के आठ जिलों दुर्ग बिलासपुर कोरबा रायपुर बेमेतरा कबीरधाम बालोद और जांजगीर चांपा में गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह उच्च रक्तचाप कैंसर पक्षाघात और तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों की पहचान और जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि प्रदेश में वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकारों को अब पांच हजार रूपये के स्थान पर दस हजार रूपये प्रतिमाह सम्मान निधि मिलेगी वरिष्ठ मीडिया सम्मान निधि योजना में संशोधन का प्रकाशन राजपत्र में किया जा चुका है योजना में आयु सीमा और सम्मान निधि अवधि में भी संशोधन किया गया है इसके अनुसार वरिष्ठ मीडिया सम्मान निधि योजना में पात्र पत्रकार की आयु को बासठ वर्ष से घटाकर साठ वर्ष किया गया है इसी तरह सम्मान निधि अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है माओवादी गिरफ्तार आईईडी दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जिला पुलिस बल ने दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिषेक पल्लव ने बताया कि इनमें से डी अध्यक्ष सन्नू मंडावी को मारडूम मार्ग पर रेखा गांव की पहाड़ी से पकड़ा गया है वहीं सीएन केएमएस एम कमांडर माड़वी लिंगे को किरंदुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पेरपा गांव से गिरफ्तार किया गया इन दोनों माओवादियों पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इनके पास से बैनर पोस्टर और पटाखे भी जब्त किए गए हैं उधर सुकमा जिले में जगरगुंडा मार्ग पर सुरक्षा बलों ने बीस किलो का आईईडी बरामद किया है माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते के उद्देश्य से इसे तेमेलवाड़ा पुसवाड़ा के बीच लगा रखा था सीआरपीएफ की टीम ने मौके पर ही आईईडी में विस्फोट कर उसे नष्ट कर दिया

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन बच्चों को स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि प्रशस्ति पत्र और लैपटॉप का वितरण किया इनमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित वर्ष दो हजार सत्रह की परीक्षाओं में प्रावीण्य सुची के छिहत्तर और वर्ष दो हजार अट्ठारह की बोर्ड परीक्षाओं के इंक्यानवे विद्यार्थी शामिल हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली प्रवास की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं नेशनल लोक अदालत प्रदेश में लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के साथ ही आपसी समझौते के तहत मामले सुलझाने के लिए कल चौदह सिंतबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इस दौरान प्रदेश के सभी जिला सत्र न्यायालयों और बिलासपुर उच्च न्यायालय में विशेष अदालतें लगाई जाएंगी इसमें आपराधिक पारिवारिक बैंक संबंधी बिजली पानी के भुगतान भू अर्जन और श्रम विवादों का निराकरण किया जाएगा लोक अदालतों में मोटर द्र्घटना दावा अधिकरण के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को भी रखा जाएगा

इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों और सेमीनार का आयोजन कर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता लाई जाएगी रेलमंडल द्वारा स्कूली बच्चों में स्वच्छता जागरूकता के लिये वाल पेन्टिंग निबंध वाक् प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी साथ ही जागरूकता पोस्टर लगाकर और स्लोगन तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा हर दिन अलग अलग थीम के अनुसार कार्यक्रम आयोजित होंगे इस समय मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन के माध्यम से यात्रियों से स्वच्छता अपनाने और उनसे जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया जा रहा है रियल एस्टेट छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित कई अहम फैसले लेने से अब लोग इस क्षेत्र में निवेश करने में रूचि लेने लगे हैं वहीं राज्य सरकार को राजस्व भी अधिक मिलने लगा है छोटे भू खण्डों की खरीदी बिक्री से रोक हटाने संपत्ति की गाइडलाइन दरों में तीस प्रतिशत की कमी और भूमि नामांतरण तथा डायवर्सन के सरलीकरण जैसे सरकार के फैसलों के कारण बीते पच्चीस जुलाई से दस सितंबर तक मात्र पैंतालीस दिनों में सत्ताईस हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग साढ़े सत्रह हजार संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था गणेश झांकी राजधानी रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आज भी जारी रहा लोगों ने बाजे गाजे के साथ बप्पा को अगले साल जल्दी आने के निमंत्रण के साथ विदाई दी रायपुर में बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन परसों सुबह होगा इस दौरान कल शाम से देर रात तक आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्था कर ली है झांकियों के लिए मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं इस दौरान इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा सभी प्रतिमाएं महादेवघाट में खारून नदी में विसर्जित की जाएगी वहीं आज से पितृ पक्ष भी शुरू हो गया है आगामी पंद्रह दिनों तक दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में कल हिन्दी दिवस है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि राजभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध और जीवंत भाषा है जिसने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस पर सोलह सितंबर को राजधानी रायपुर में स्कूली और महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए पोस्टर और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है बलौदाबाजार भाटापारा जिले के गधौरी थाने से पुलिस ने नकली नोट बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इसके पास से छह हजार रूपये के नकली नोट और प्रिंटर बरामद किया गया है रायगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से लगभग चौदह सौ कोरेक्स की बोतलें जब्त की हैं